प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत पर बहुमत हासिल करने के बाद भी सहयोगी दलों के साथ गठबंधन सरकार बनाना पसंद करेगी यह बात प्रधानमंत्री ने कल तमिलनाडु के भाजपा कार्यकर्ताओं से वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिये संवाद करते हुए कही उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन सरकार चलाकर एक नई संस्कृति की राह दिखाई थी और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को आवाज दी थी श्री मोदी ने कहा कि भाजपा उसी संस्कृति का अनुसरण करेगी ताकि केंद्र और सभी राज्य समूचे राष्ट्र के विकास के लिए एकजुट होकर काम कर सकें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छोटे कारोबारियों के बारे में जीएसटी परिषद के फैसलों से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों व्यापारियों और सेवा क्षेत्र को काफो फायदा होगा जीएसटी परिषद की कल नई दिल्ली में हुइ बैठक में छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए वस्तु और सेवाकर छूट की सीमा दोगुनी कर दी गई है

परिषद ने जीएसटी कंपोजिशन योजना के तहत डेढ़ कराड़ रूपये तक के कारोबार करने वालों को इस दायरे में लाने का निर्णय किया है यह फ़ैसला पहली अप्रैल से लागू होगा भारतीय जनता पार्टी का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज नइ दिल्ली स्थित रामलीला ग्राउंड में शुरू हुआ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोशी केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज ने दीप प्रज्ज्वलित कर अधिवेशन का शुभारम्भ किया इस अवसर पर अपने संबोधन में पार्टी प्रमुख अमित शाह ने दावा किया कि आगामी लोकसभा चूनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में भाजपा पुनः सत्ता में लौटेगी

श्री शाह ने कहा कि हाल ही में दो महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिये गये हैं सरकार ने सामान्य वर्ग के ग़रीबों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में दस प्रतिशत आरक्षण देने और चालीस लाख रूपये तक का कारोबार करने वालों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है इसके अलावा जनहित में जीएसटी में कई अहम बदलाव भी किये गये हैं भारतीय जनता पाटी के खिलाफ बन रहे महागठबंधन पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष का गठबंधन अवसरवाद पर आधारित है न इनक पास नेता है और न ही नीति ऐसे हालात में देशवासियों को वैचारिक स्तर पर मजबूत राजनैतिक विकल्प की आवश्यकता है और वह सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी ही देने में सक्षम है उन्होंने कहा कि भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनैतिक दल है और इसकी लोकप्रियता में लगातार इज़ाफा हो रहा है श्री शाह ने कहा कि इस समय देश के सोलह राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं राम मंदिर निर्माण का उल्लेख करते हुए भाजपा प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी मंदिर निर्माण के लिये प्रतिबद्ध है और न्यायिक प्रक्रिया के जरिये इसका हल निकालने के लिये बराबर प्रयासरत है अधिवेशन में पूरे देश स तकरीबन बारह हजार प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल समापन सत्र को संबोधित करेंगे

श्री योगी ने राज्य में प्राकृतिक गैस पर अतिरिक्त वैट लगाये जाने की वजह से यूरिया की कोमत में हुई वृद्धि के मद्देनजर इस कर को वापस लेने का फैसला किया है

किसानों की आमदनी दो हज़ार इक्कीस तक दोगुनी करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है पिछले कई वर्षो से राज्य के किसान अन्य राज्यों की दरों पर यूरिया मुहैया कराने की मांग भी कर रहे थे केन्द्र सरकार प्रदेश के बौद्ध स्थलों सारनाथ और कुशीनगर के विकास और इन स्थानों पर पर्यटन सुविधाओं को विस्तार देने के लिये विशेष रूप से प्रयास कर रही है

परियोजनाओं में सारनाथ के धम्मचक्र स्थल के एतिहासिक वृक्ष को संरक्षित करने के साथ साथ सड़क और ड्रेनेज सिस्टम को विकसित किया जायेगा इसके अलावा ध्यान केन्द्र भी बनाया जायेगा बौद्ध सर्किट में कुशीनगर कपिलवस्तु कौशाम्बी सारनाथ श्रावस्ती और फर्रूखाबाद का संकिसा शामिल है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

केन्द्रीय जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी को मौजूदगी में उत्तर प्रदेश सहित छह राज्यों के बीच रेणुकाजी बांध बहुउद्देशीय परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये

यह परियोजना ऊपरी यमुना थाले के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में यमूना और उसकी दो सहायक नदियों टोंस तथा गिरि से संबंधित है

इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली राजस्थान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे

बाइट केन्द्र सरकार के द्वारा किये गये काम और प्रदेश सरकार के द्वारा काम दोनों काम की द्रष्टि से भी हम हिसाब लागते है तब भी संगठन दृष्टि से सपा बसपा कांग्रेस अन्य जो राजनीतिक दल कोई हमारी पार्टी के खिलाफ हमारे मोदी जी के खिलाफ गठबंधन करने की कोशिश कर रहे है उनकी तुलना में मैं मानता हूं कि हमारा संगठन ज्यादा सबल और ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा निचले स्तर तक पहुंचा हुआ है

राष्ट्रवाद और विकासवाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लखनऊ खंडपीठ में चौदह जनवरी को अवकाश रहेगा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा जारी विज्ञप्ति में इस आशय की जानकारी दी गई है पूणे में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेलों म आज तीसरे दिन खिलाडियों ने विभिन्न खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन जारी रखा इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के प्रतिभागियों ने पदक जीतने की अपनी होड़ कायम रखी